सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किये जाएंगे

प्रत्येक राउंड की समाप्ति पर ईवीएम मशीनों से की गयी मतगणना के परिणामों की प्रेक्षक और रिर्टनिग अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर कर घोषणा की जाएगी प्रदेश के सभी जिलों में मतगणना की तैयारियां ंतेजी के साथ जारी है सीहोर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि यहां मतगणना का कार्य स्थानीय शासकीय कृषि महाविद्यालय में होगा प्रत्येक विधानसभा का अलग मतगणना हॉल भी यहां निर्धारित किये गये हैं जहां पर आयोग के निर्देशानुसार डाक मतपत्रों के साथ ईवीएम के मतों की गणना भी की जाएगी प्रदेश के शहडोल जिले में भी मतगणना की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गयी है

अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले यह संसद का आखिरी सत्र होगा इस बीच सरकार ने दोनों सदनों में कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए कल एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की है कल ही राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी एक सर्वदलीय बैठक बुलायी है लोकसभा में भी कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन मंगलवार को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगी आडियोब्रिज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष तथा सांसद राकेश सिंह ने विधानसभा प्रत्याशियों प्रभारियों जिलाध्यक्षों तथा प्रदेश पदाधिकारियों के साथ आडियो ब्रिज के जरिए आज चर्चा की इस मौके पर उन्होंने मतगणना के दौरान आवश्यक एवं कार्यो की विस्तृत जानकारी भी दी सभी को इस बात की जानकारी दी गई कि प्रदेश कार्यालय में बैठकर प्रदेश अध्यक्ष सहित समूचा नेतृत्व कंट्रोल रूम के जरिए पूरी मतगणना पर नजर रखेगा पार्टी ने मतगणना से जुड़े अपने सभी कार्यकर्ताओं के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं साथ ही टेलीफोन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं

कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिये मध्यप्रदेश पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इस महीने से ऑनलाईन भुगतान लेना शुरु किया है फिलहाल शहडोल संभाग के शहडोल जिले में ही यह व्यवस्था शुरु की गई है इसके बाद अनूपपुर और उमरिया जिले में इसे लागू किया जायेगा

कंपनी के एसई एनके अग्रवाल ने बताया है कि उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा करने के लिये लाईन में न लगना पड़े इसके लिये कंपनी द्वारा कई अलग अलग मनी ट्रांसफर एप से बातचीत की जा रही है उन्होंने बताया कि केशलेस बिल भुगतान के लिये उपभोक्ताओं से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जायेगा और जो लोग मोबाईल के जरिये भुगतान नहीं कर सकते वे लोग अपने घर आफिस या कियोस्क सेंटर से बिजली के बिल ऑनलाईन जमा कर सकते हैं

नये उपकरणों को सूची में शामिल करने से सरकार के लिए इन उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना संभव होगा स्टार्टअप देश में सभी स्टार्ट अप को सूचीबद्ध करने की एक बड़ी पहल के तहत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने आधुनिक कारोबार को कई प्रकार की छूट देने की योजना बनाई है प्रस्तावित बदलावों में सेबी द्वारा बनाये गये सस्थानिक व्यापार मंच को नवाचार संवर्द्वन मंच के रूप में नामित करना भी शामिल है सेबी ने इस वर्ष जून में स्टार्ट अप प्लेटफॉर्म की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समूह का गठन किया था इस समूह ने स्टार्ट अप निवेशकों बैंक कर्मियों और धन प्रबंधन प्रतिष्ठान सहित संबद्ध पक्षों के साथ व्यापक परामर्श कर सेबी को अपनी रिपोर्ट पेश की थी

अगले दो दिनों के बीच मौसम में विशेष परिवर्तन की संभावना नही है

राज्य में न्यूनतम तापमान शहडोल संभाग के जिलों में काफी बढा

वहीं भोपाल होशंगाबाद इंदौर एवं उज्जैन संभागों के जिलों में सामान्य से अधिक तथा शेष संभागों के जिलों में सामान्य रहा प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान खुजराहो में दर्ज किया गया

वहीं धार में इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सायबर सिक्यूरिटी और मानव अधिकार विषय पर वक्तव्य होगें खंडवा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इस मौके पर आम लोगों को मानव अधिकारों के लिये जागरूक किया जाएगा वहीं बुरहानपुर के शासकीय महाविद्यालय में मानव अधिकार विषय पर कार्यशाला का आयोजन होगा इसमें समाजसेवी संस्थाओं द्वारा महाविद्यालय के छात्रों को मानव अधिकार संबंधी जानकारी दी जाएगी क्रिकेट एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है

भारत की ओर से रविचन्द्रन अश्विन और मोहम्मद शमी ने दो दो विकेट हासिल किए

इसका उद्देश्य कला संस्कृति विषयक कवरेज की गुणवत्ता को और बेहतर बनाना है